प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नौवें वाइब्रेंट गुजरात वैश्वि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया सम्मेलन का मुख्य थीम है नए भारत को आकार देना सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री न कहा कि यह आयोजन सच्चे अर्थों में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का सबसे बड़ा योगदान वैश्विक व्यापार और उद्योग जगत के बीच विश्वास कायम करना है उन्होंने कहा भारत कारोबार के लिए पहले की अपेक्षा अधिक अनुकूल है श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों तथा अन्य विशिष्ट प्रतिनिधियों की उपस्थिति देश के लिए गौरव और सम्मान का विषय है यह इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय सहयोग अब केवल देश की राजधानी तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह राज्य की राजधानी तक भी विस्तारित हुआ है उन्होंने कहा कि विकास का लाभ उन क्षेत्रों और समुदायों तक पहुंचाना एक चुनौती है जो पीछे रह गए हैं साथ ही जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने की चुनौती भी सामने है

मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि एक सौ तीनवें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णो को दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान केन्द्र सरकार के द्वारा लाया गया है तथा इस सन्दर्भ में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है प्रदश सरकार ने भी केन्द्र सरकार के सवर्णो के लिये उपरोक्त आरक्षण को यथावत लागू करने का निर्णय लिया है एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की इसके तहत चिन्हित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने तथा ई मार्केटिंग के जरिये उसके विपणन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है इसके अन्तर्गत प्रदेश में प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में तथा विदेशों में आयोजित होने वाल मेला और प्रदशनियों में चिहिन्त उत्पादों के विपणन के सन्दर्भ में यह सहायता राशि प्रदान की जायेगी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि चित्रकूट में आयोजित होने वाला रामायण मेला अब जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जायेगा तथा इस पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी मंत्रिमंडल ने अपने एक अन्य फैसले में मुगलसराय तहसील का नाम बदलकर पंडिल दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी

इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना है

सुविधा पन्द्रह हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वालों के लिए है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेई ने प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो के लिये आरक्षण लागू करने के निर्णय का स्वागत किया है

इस सेंशन से ही इसका लाभ मिलेगा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

प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तरर प्रदेश खनन घोटाला मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बी चन्द्र कला और क्छ अन्य लोगों को आज सम्मन भेजा है आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि अगले सप्ताह इन लोगों से पूछताछ की जाएगी और ब्यौरा हमारे संवाददाता से सीबीआई की ओर से अवैध खनन मामले में दर्ज केस के मुताबिक तब हमीरपुर की जिलाधिकारी के तौर पर तैनात रही बी चन्द्रकला ने ई टेन्डर नीति के खिलाफ जाकर कई खनन पट्टे जारी किए कुछ दिन पहले सीबीआई ने चन्द्रकला के लखनऊ और नोएडा के घरों पर छापे मारकर दो बैंक खाते और एक लॉकर सील करने के साथ ही कुछ दस्तावेज भी बरामद किए थे उस दौरान कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधानपरिषद सदस्य रमेश मिश्रा के घर पर भी छापे मारे गए थे

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेकटेश्वर लू ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को पूरी तौर से भरोसेमंद बताया है उन्होंने कहा कि ईवीएम में बाहर से किसी भी तरह से प्रोग्रामिंग या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों की मांग और सुप्रीम कोट के निर्देश पर ईवीएम में वीवी पैट की अतिरिक्त सुविधा जोड़ी गई है बैठक के दौरान श्री वेंकटेश्वर लू ने जिलाधिकारियों को वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के हर संभव प्रयास के निर्देश भी दिये प्रयागराज में कभ मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंच रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुंभ में सुविधाओं की सभी लोग सराहना कर रहे हैं साधु संन्यासियों का कहना है कि ये सचमुच दिव्य भव्य और स्वच्छ कुंभ है आकाशवाणी से बातचीत में ऋषिकेश के बालक योगेश्वरनाथ ने कहा कि इस बार का कुंभ सराहनीय है और उन्होंने इससे पहले ऐसा कुंभ कभी नहीं देखा ये कुंभ वास्तव में सराहनीय है साधु संत महात्मा सभी खुश हैं सरकार का ये जो इस तरीके का प्रयास और ऐसा जो महाकुंभ इस तरीका का इसका रूप दिया गया ऐसे कभी हम लोगों ने कभी नहीं देखा अपने जीवन में

वहीं निर्मोही अखाड़े के प्रमुख राजेन्द्र दास जी ने प्रशासन की सराहना की शशांक कुमार कुंभ मेला शहर आकाशवाणी समाचार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एन आई ए ने कल अमरोहा हापुड़ मेरठ बुलंदशहर और लुधियाना में इस्लामिक स्टेट से प्रेरित मॉडयूल मामले के संबंध में तलाशी ली है अभिकरण ने पिछले महीने इन जगहों पर तलाशी के दौरान दस लोगों को गिरफ्तार किया था एनआईए ने लुधियाना में एक मस्जिद से मदरसा शिक्षक को हिरासत में लिया पंजाब पुलिस के साथ एनआईए के अधिकारियों ने मिलकर मधनी जामा मस्जिद पर छापा मारा और मोहम्मद ओवेस पाशा को हिरासत में लिया मस्जिद प्रमुख के अनुसार ओवेस रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर से आया था